कई जिलो में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया

परिवहन सेवा स्थगित कोरोना कर्फ्यू पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने और जाने वाले बसों के संचालन पर रोक की अवधि बढ़ा दी है

इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है

कोरोना गाइडलाइन राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में लोगों से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना गाइड लाइन का पालन करने और वैक्सीनेशन कराने का आहवान किया

टीका लगाने की प्रक्रिया लगातार जारी है

ब्लैक फंगस वार्ड प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सतर्कता और बढ़ा दी है इसके उपचार के लिए पांच मेडिकल कॉलेज भोपाल जबलपुर ग्वालियर इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे वहीं सनफार्मा ने दो हजार एंटी फंगल इंजेक्शन देने का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विशेषज्ञों और ग्र्प ऑफ ऑफिसर के साथ कोरोना को रोकने भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार मंथन किया मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के रोग के जल्द पहचान के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने प्रत्येक वार्ड और ग्रामस्तर पर ब्लैक फंगस के प्रकरणों की तत्काल पहचान के लिए आवश्यक रणनीति विकसित कर एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए

टीकाकरण आईडी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण दवाई अस्पताल में भर्ती करने अथवा उसके उपचार से मना नहीं किया जा सकता प्राधिकरण ने कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इनकार किया जा रहा है प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ देने से इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है आवश्यक सेवाएं देने में मना करने के लिए आधार कार्ड का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए

उधर मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन घट रही है

मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ साथ बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने भोपाल इंदौर होशंगाबाद उज्जैन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है वहीं जबलपुर ग्वालियर ग्रुना शिवपुरी छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट शहडोल उमरिया पन्ना दमोह और टीकमगढ में भी बारिश की संभावना जताई गई है